बहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर ऎतिहासिक लालकिले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है गरीबों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीब और वंचितों वर्गों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का फैसला किया है इससे पचास करोड़ भारतीयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित किये जाने और तीव्रगति से विकास के पथ पर अग्रसर भारत सूजन किये जाने की जरुरत है श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब दिल्ली को पूर्वोत्तर से बहुत दूर समझा जाता था लेकिन आज सरकार ने दिल्ली को पूर्वोत्तर के द्वार पर ला पहुंचाया है श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों की आकांक्षाओं और जरुरतों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रही है तथा केंद्र और राज्य सरकारों को इस दिशा में मिलजुल कर काम करना चाहिए देशभर सहित अरुणाचल प्रदेश में भी बहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम ईटानगर के आई जी पार्क में आयोजित हुआ मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने राष्ट्रध्वज फहराया और तेईस परेड दल को सलामी दी अपने भाषण में श्री खाण्डु ने कहा कि उनकी सरकार ने टीम अरुणाचल की भावना के साथ काम किया है जहा हर किसी को शामिल करने के लिए हरसंभव प्रयास किया गया है उन्होंने कहा कि दो वर्षों की अवधि में उनकी सरकार ने तीन सौ बीस से अधिक फैसले लिए है स्वास्थ्य क्षेत्र पर श्री खाण्ड्र ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देकर एक एतिहासिक कदम उठाया है उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार ने हालही में मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना का शुभारंभ किया है जिसके तहत हर एक परिवार को अस्पताल में भर्ती के दौरान माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किडनी ट्रांसप्लांट की समस्या से जुझ रहे मरिजो के लिए रेनेल केयर फंड का भी गठन किया है जिसके तहत प्रत्येक मरिजों को ईलाज के लिए दस लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी समारोह के दौरान विभिन्न जनजातियों और स्क्रलों से सांस्कृतिक टोलियों और मेघालय से एक सांस्कृतिक दल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ आप्सू ने उन सभी व्यक्तियों से जिन्होंने प्रशासन से आई एल पी प्राप्त नही किया है उन्हे राज्य छोड़कर जाने को कहा है संघ ने कहा कि प्रस्तावित ऑपरेशन क्लीन ड्राइव का लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश में इनर लाईन पर्मिट आई एल पी प्रणाली को नियंत्रित करना अवैध प्रवासियों के घुसपैठ की जांच करना है न कि किसी भी भारतीय नागरिकों को परेशान करना छात्र संघ आप्सू ने कल अखिल असम छात्र संघ के साथ संयुक्त बैठक कर साफ कहा कि आगामी सत्रह अगस्त से शुरु होने वाली ऑपरेशन क्लीन ड्राइव का एकमात्र लक्ष्य बीना आई एल पी के अवैध प्रवासियों की जांच करना है और इस प्रक्रिया में किसी भी भारतीय नागरिकों को परेशान नही किया जाएगा विधायक चाउ जिंग्नू नामचून ने कल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पियोंग और एस एच सी नोंग्ताव खाम्ती में प्रदेश का पहला स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया भारत सरकार द्वारा महत्वकांक्षी जिलों के लिए निर्मित स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का मुख्य लक्ष्य लाभार्थियों को उनके दरवाजे पर ही व्यापक प्राथमिकी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना है इस पैकेज में आयुष के साथ साथ आई टी घटकों की सेवा भी शामिल है श्री नामचूम ने पियोंग अंचल के बुनियादी विकास के लिए कई योजनाओं की भी घोषणा की उर्जा मंत्री तामियों तागा ने गत मंगलवार को ईस्ट सियांग जिले के सिने गांव में विद्युत आपूर्ति का उद्घाटन कर क्षेत्र को फिर से विद्युतीकृत से जोड़ दिया समारोह में क्षेत्र के विकास पर खुशी जाहिर करते हुए श्री तागा ने पिछले वर्ष आग दुर्घटना से प्रभावित सभी पीड़ितों को दस दस हजार रुपया राहत सहायता के रुप में देने की घोषणा की उन्होंने लिसिंग मेसिंग गांव को सोलर लाईट योजना के तहत कवर करने की भी घोषणा की और इसके लिए आगामी दिसंबर महीने से सर्वे शुरु किया जाएगा विधायक तेसम पोंग्ते ने कल चांगलांग के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जिला का पहला मोबाइल यातायात इकाई की श्रुआत की प्रलिस के प्रयासो की सराहना करते हुए विधायक ने उम्मीद जताई कि विभाग द्वारा उठाया गया यह कदम वाहन चालको के बीच यातायात अनुशासन को लाने में सफलता प्राप्त करेगी उन्होंने ट्राफिक पुलिस से अपने काम के प्रति ईमानदार रहने और वाहन चालकों के बीच यातायात पर जागरुकता लाने का आग्रह किया उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कल नामसाई जिले में शहरी विकास एवं आवासीय विभाग के उप निदेशक एवं नगरीय कार्यक्रम अधिकारी के नए कार्यालय भवन और नामसाई जिला अस्पताल के नए प्रशासनिक ब्लॉक सह मेडिकल सुपेरिनटेंडेन्ट के कार्यालय भवन का उद्घाटन किया समारोह में उप मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास विभाग से नामसाई नगर के उचित नाले की प्रणाली के लिए प्रस्ताव सौंपने को कहा लोगों से क्षेत्र में स्वच्छता एवं हरियाली को बनाए रखने का आह्वान करते हुए श्री मेन ने नामसाई जिले को एक मॉडल जिले में विकसित करने को कहा